प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रदेश के पीएम स्वनिधि लाभार्थियों से वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से बातचीत की उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू की गई बाइट पीएम देश ने एक जून को पीएम स्वानिधि योजना को लांच किया था और दो ज़लाई को यानि एक महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए योजनाओं में ये गति देश पहली बार देख रहा है गरीबों के लिए घोषणाएं इतनी जल्दी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरेगी ये भूतकाल को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना गांरटी के किफायती ऋणों के लिए इस तरह की योजना तो आजादी के बाद पहली बार बनी है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को तेजी से लागू किया जाना महत्वपूर्ण है इसके तहत न सिर्फ तेजी से और डिजिटल माध्यम से काम होता है बल्कि योजना का लाभ लेने के लिए बिचौलियों की भी जरूरत नहीं होती है बाइट पीएम कई लोग इसलिए परेशान थे कि उन्हों ने लोन लेने के लिए कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे क्या गारंटी देनी होगी इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए बनी अन्य योजनाओं की तरह ही इस योजना में भी टैक्नॉलोजी का ज्या्दा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा कोई कागज नहीं कोई गारंटर नहीं कोई दलाल भी नहीं और किसी सरकारी दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं श्री मोदी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स की प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है बेरोजगारी के कारण पलायन की दर को कम करने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी

इसका उद्देश्य सब्सिडी युक्त ब्याज दर पर दस हजार रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के करीब तीन लाख लाभार्थियों को योजना के तहत ऋण अंतरित किया गया

आगरा की प्रीति ने प्रधानमंत्री को बताया कि स्वनिधि योजना के तहत मिले दस हजार रुपयों से उन्हें फल और सब्जियों का कारोबार फिर से शुरू करने में सहायता मिली प्रधानमंत्री ने प्रीति को डिजिटल भुगतान के जरिये ज्यादा से ज्यादा लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उन्हं और अधिक लाभ हो सके

आपने सुना हां सुना हां अच्छा है न तो पैसे जमा हो जाते हैं उसमें हांजी हांजी हांजी हां सामने वाला पागल नहीं बना सकता है हमें अच्छा तो इतनी जल्दी लोन मिल जाने से आपको और भी फायदा होगा

ये बताइए कि आपके परिवार में और कितने लोग हैं सर मैं हूं मेरे पति हैं तीन बेटियां हैं मेरे पर और एक छोटा वाला लाल है तीन साल का है जो बच्चों को पढ़ाना जरूर हांजी सर आपकी दुआ है बस वाराणसी के एक अन्य लाभार्थी अरविंद ने बताया कि वह दुर्गाकुंड में मोमोज और कॉफी बेचते हैं अरविंद ने कहा कि स्वेनिधि याजना के तहत मिली राशि से उन्हें काफी मदद मिली है और इसकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकारियों के पास भी नहीं जाना पड़ा

एक हफ्ते के बाद बैंक में बुलाया गया मेरा खाता यूनियन बैंक शाखा में है

तो मैं भाग के घर गया और लेकर के आया उन्होंने तुरंत अपना भर दिया और दूसरे दिन मेरे खाते में दस हजार रुपये आ गए लखनऊ के विजय बहादुर ने बताया कि इस योजना से मिले पसे से उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिली है

बलिया में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना गया

हमीरपुर में चौदह सौ छह स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में एक करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार का ऋण प्रदान किया गया

पी एम स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में रेहडो पटरी के कारोबार से जुड़े करीब सात लाख लोगों की पहचान की गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देशवासियों से अपील की कि त्योहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता म कोई ढिलाई न बरतें उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकगा श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्टोट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पी एम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान आज यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि जन धन आयुष्मान उज्ज्वला और पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं बाइट पीएम आज का ये दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है कठिन से कठिन परिस्थिति का भी मुकाबला ये देश कैसे करता है यूपी के लोग कैसे संकट से लड़ने की ताकत रखते हैं ये दिन इसका साक्षी है प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक अब गरीबों तक पहुंच रहे हैं और यह सरकार के निरंतर प्रयास का ही परिणाम है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

भाजपा के जिन उम्मीदवारों ने आज अपने पर्चे दाखिल किये वे हैं केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अरूण सिंह नीरज शेखर बृजलाल हरिद्वार दुबे गीता शाक्य बीएल वर्मा और सीमा द्विवेदी

समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रामजी गौतम पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं राज्यसभा की दस सीटों के लिए कल ग्यारह उम्मीदवारों ने नामांकन कराया है दो नवम्बर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और नौ नवम्बर को मतदान कराया जायेगा और उसी दिन वोटों की गिनती होगी उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को हाथरस द्ष्कर्म मामले की जांच की निगरानी करने का आदेश दिया है एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर न्यायालय ने ये आदेश दिया है उच्चतम न्यायालय ने अपने आदश में कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जांच के सभी पहलुओं की भी समीक्षा करेगा वर्तमान में ये मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास है जो जांच से जुडो अपनी अद्यतन रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में पेश कर सकता है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने पीडिता के अंतिम संस्कार की कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेने की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पहल की सराहना की सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से मनाया जा रहा है यह दो नवम्बर तक चलेगा इस वर्ष का विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत